प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में ऊर्जा के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं उन्होंने कहा कि ऊर्जा की आपूर्ति उसके स्रोत और उसकी खपत के तरीको में तेजी से बदलाव हो रहा है उन्होंने कहा कि सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और उसके डिजिटल उपयोग के बीच समावेश दिखने लगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है उन्होंने कहा कि सभी को बिना भेदभाव के ऊर्जा उपलब्ध कराना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है केन्द्रीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने सभी को बिना भेदभाव के ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना और शहरों में रसोई गैस की आपूर्ति की व्यवस्था के जरिये लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने में मदद मिली है

वे आज उत्तरप्रदेश में वृदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा तीन अरब वीं भोजन थाली परोसे जाने के अवसर पर पट्टिका का अनावरण कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय पोषाहार मिशन मिशन इन्द्रधनुष और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के जरिये बच्चों के पोषाहार टीकाकरण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है

इससे इस मार्ग पर भरतपुर आगरा अलीगढ धौलपुर हिंडौन और करौली के लिए जाने वाली रोडवेज की बसों के साथ सभी तरह के वाहनों के पहिए थम गये इस मार्ग पर रोडवेज ने बसों का संचालन बंद कर दिया है

वहीं सवाईमाधोपुर से मध्यप्रदेश को जोड़ने वाले मार्ग भी कुशालीपुरा दर्रा के पास अवरूद्व कर दिया गया दूसरी ओर सवाईमाधोपूर के मलारनाड़गर में गुर्जर समाज के सैंकडो लोग लगातार चौथे दिन भी पटरियों पर डटे हुए हैं इसके चलते कई प्रमुख रेल सेवाए रद्द कर दी गयी हैं और कई रेल सेवाओं के मार्ग में बदलाव कर दिया गया है ऐहतियात के तौर पर मलारनाडूंगर स्टेशन पर पुलिस बल बढा दिया गया है उधर धौलपुर में कल हुई हिंसक वारदात के बाद फिलहाल जिले में शांति है यहां निषेधाज्ञा के चलते जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है

पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था एम एल लाठर ने बताया कि आंदोलन के दौरान कहीं से अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है

उन्होंने कहा कि वार्ता से ही मुददों का समाधान निकलेगा इसलिए आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए आना चाहिए विधानसभा में भी आज इस मुद्दे पर जम कर हंगामा हुआ विधायक हनुमान बेनीवाल ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह मुद्दा उठाया और सरकार से गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की बसपा और अन्य निर्दलीय सदस्यों ने भी श्री बेनीवाल का साथ दिया

शून्यकाल में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और अन्य सदस्यों ने किसानों की कर्जमाफी का मुददा उठाते हुए कहा कि सरकार को कर्जमाफी के संबंध में सभी तथ्य स्पष्ट करने चाहिए श्री कटारिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार को अपने घोषणा पत्र के अनुसार किसानों की संपर्ण कर्जमाफी करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि कितने करोड का कर्जा माफ होगा इस पर हस्तक्षेप करते हुए स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कुछ कहा तो भाजपा सदस्य वैल में आकर नारेबाजी करने लगे इसके बाद अपरान्ह एक बजे सदन की कार्यवाही एक घंटे के स्थगित कर दी गयी सदन के बाद पत्रकारों से बातचीत में भाजपा विधायक रामलाल ने कहा कि किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आयी है और उन्हें कर्जमाफी से जुडे सभी तथ्य स्पष्ट करने चाहिए

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय द्वारा इस बारे में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज किये जाने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मानवता के प्रति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदेश हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे

झुंझुनू में इस सिलसिले में समर्पण दिवस मनाया गया टोंक में इस मौके पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई

यह सेना का इस तरह का आठवां आपदा राहत अभ्यास है जो जयपुर के साथ कोटा और अलवर में भी आयोजित किया जा रहा है जयपुर के भवानी सिंह निकेतन परिसर में आज सेना की ओर से समन्वित आपदा राहत का प्रदर्शन भी किया गया जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भाग लिया

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत कल कोटा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे